संय्क्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इन्द्रजीत ने आकाशवाणी को बताया कि श्रीमती सोनल ग्लाटी को इस पर तैनात किया गया है और उन्होंने पर्यवेक्षक को दी अपनी रिपोर्ट में बूथ कैप्चरिंग का घटना को सही ांग से नहीं बताया आयोग ने श्रीमती सोनल ग्लाटी दवारा डयूटी के दौरान लापरवाही पर गंभीरत से विचार करने के बाद उन्हें तीन साल के लिये च्नाव डयूटी से हटाने का निर्देश दिया है डा इन्द्रजीत ने बताया कि आईएएस अधिकारी अशोक कुमार गर्ग को फरीदाबाद के उपाय्क्त अत्ल क्मार के स्थान पर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी रिर्टनिंग अधिकारी के तौर में तैनात किया हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान एजेंट को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था उतरी रेलवे के महाप्रबंधक श्री टी पी सिंह ने कहा है कि डिजीटाईज़ेशन भारती खरीद प्रणाली का न्या चेहरा है

इस सम्मेलन का आयोजन नए और मौजूदा विक्रेता के लिये तैयार की गई रेलवे खरीद प्रणाली से अवगत कराना और उनको रेलवे सप्लाई चेन के डिजीटाईज़ेशन बारे बताना था जिससे रेलवे से व्यापार करना आसान हो गया है

उन्होंने मौजूदा और अन्य विक्रेताओं को रेलवे के साथ व्यापार करने के लिये प्रोत्साहित किया और उन्हें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया उन्होंने बताया कि विक्रेता के पंजीकरण से लेकर अदायगी तक सारा कार्य कंमध्यूटरीकृत कर दिया है

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये कम्प्यूटर आधारित परीक्षा स्नाताकों के लिये होगी और ये परीक्षा परीक्षार्थियों को सीधे अधिकारी रैंक के लिये होगी

वर्तमान में अधिकारी उम्मीदवारों को सर्विस सलैक्शन बोर्ड दवारा स्नातक या स्नातकोतर परीक्षाओं में उनके दवारा प्राप्त अंको के आधार पर निय्क्त किया जाता था नई प्रक्रिया में हर छ माह में केवल एक विज्ञापन दिया जायेगा और उम्मीदवारों को अपनी पसंद का चयन करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी बाद चंडीगढ़ में चुनाव रैली को सम्बोधित करेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया कि रैली के मंच पर सांसद किरण खेर हरियाणा के वित्त मंत्री और पंजाब के च्नाव इंचार्ज कैप्टन अभिमन्यू चंडीगढ़ के प्रभारी प्रभात झा चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान संजय टंडन उपाध्यक्ष रघ्वीर अरोड़ा मेयर राजेश कालिया भी मौजूद है

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग दवारा पलवल जिले में मृदा सबासथ्य कार्डबनाने का तीसरा चरण श्रू कर दिया गया है तीसरे चरण में जिले प्रत्येक किसान को ये कार्ड जारी किया जायेगा ताकि किसानों को भुमि में पोषक तत्वों के बारे जानकारी मिल सके उप निदेशक डा महावीर सिंह ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिये किसानों को भूमि के स्वास्थ्य के बारे मे पता चलेगा इस कार्ड पर किसान का नाम पता मोबाइल नंबर तथा सैंपल नंवर अंकित होगा इससे ये भी पता चलेगा कि मिट्टी फसल की पैदावार के लिये सटी या नहीं किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों कार्बनहाईड्रोजन आक्सीजन नाड्रट्रोज़न पोटाशियम फास्फोरस गंधक कैल्शियम मैगनिशियम के बारे जानकारी मिलेगी

एन एस एस के वांलंटियर किसानों से सम्पर्क करेंगे और किसान के खेत से मिट्टी एवं पानी के नमूने लेंगे

जिला प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाईकरने का भरोसा दिलाया लेकिन अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन दवारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा ग्रूग्राम के उपाय्क्त अमित खत्री ने कहा कि निजी स्कूल अपनी मानमानी पर अड़े है जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई की जाये फतेहाबाद में आज माजरा सड़क पर दो मोटर साइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गये हमारे संवाददाता ने बताया कि ये हादसा एक मोटर साइकिल का टायर फटने से हआ टायर फटने से वह दूसरे मोटरसाइकिल से टकरा गया मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घायलों का अस्पताल पहंचाया शव परिजनों को सौंप दिये गये है घायलों का इलाज किया जा रहा है करनाल के सामान्य अस्पताल का कायाल्प करने के लिये कई कदम उठाये जा रहे है मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश क्मार ने बताया है कि करनाल जिले के तीन अस्पतालों में एक पायलट योजना के अन्सार सभी स्विधायें उपलब्ध करवाई गई है उन्होंने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों को मरीज़ो के साथ सभ्य ांग से पेश आने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कर्मचारियों का फिटनेस मेडीकल करवाया जा रहा है

अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली मूलभूत स्विधाओं के बारे में जागरूक करने के लिये जगह जगह स्टील की सूचना पट्किायें लगाई जा रहे है

सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहंच कर आग ब्झाने में ज्ट गई फायर अधिकारी अमरजीत ने बताया कि गांव कोट कछ्आ के हरभजन के खेत में पांच किल्ले फाने इकबाल सिंह के खेतों में दस किल्ले फाने तथा मानसिंह के पांच किल्ले फाने जल कर पूरी तरह राख हो गये